सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ हत्या के अठाईस साल प्राने एक मामले को खारिज कर दिया है शीर्ष न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जिसमें श्री कुमार को हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया था गौरतलब है कि सोलह नवंबर उन्नीस सौ इक्यानवे को बाढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए हुए मध्यावधि चुनाव के दिन एक ग्रामीण सीताराम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में नीतीश कुमार समेत पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था केस दर्ज होने पर पुलिस ने नीतीश कुमार सहित दो लोगों को जांच के बाद आरोप मुक्त कर दिया था जदयू ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर का समर्थन किया है पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि दो हजार इक्कीस के लिए जनगणना का काम एनपीआर के तहत शुरू हो रहा है और इसमें नये दस्तावेज नहीं मांगे जायेंगे उन्होंने कहा कि एनपीआर को एनआरसी से नहीं जोड़ने का आश्वासन प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री स्वयं दे चूके हैं इसलिए लोगों को गुमराह नहीं होना चाहिए जदयू महासचिव ने यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में एनआरसी लागू नहीं होगा दिल्ली में विधानसभा चुनाव आठ फरवरी को होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज यह घोषणा की उन्होंने बताया कि ग्यारह फरवरी को मतों की गिनती होगी वर्ष दो हजार पन्द्रह के विधानसभा चूनाव में सत्तर सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने सड़सठ सीटें जीती थी और भाजपा को तीन सीटों पर सफलता मिली थी चूनाव आयोग द्वारा प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर मेरा मत मेरा अधिकार अभियान चलाया जा रहा है इसके तहत आगामी बारह जनवरी को विशेष अभियान दिवस के रूप में मनाया जायेगा इस दिन सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ नये नामों के दावे और सुधार के लिये आपत्तियां लेंगे सोलह जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में शत प्रतिशत बालिगों का नाम मतदाता सूची में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि दरभंगा में प्रदेश के दूसरे एम्स की स्थापना को सैद्वांतिक रूप से मंजूरी मिल गयी है और जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जायेगी श्री चौबे ने कहा कि इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे

श्री कुमार आज अररिया में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लगभग सात सौ अठाईस करोड़ रूपये की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया नागरिकता संशोधन कानून सीएए के समर्थन में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता सघन जनसम्पर्क अभियान चला रहे हैं इस सिलसिले में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पटना के कुम्हरार में लोगों से मुलाकात कर उन्हें इस कानून के विषय में जानकारियां दी वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडेय सहित पार्टी सांसद और विधायक लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं इधर केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि कांग्रेस और वामपंथी दल समेत सभी विपक्षी पार्टियां सीएए के नाम पर लोगों को ग्रमराह कर रही है उप मूख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गया में कहा कि संशोधित नागरिकता कानून से मुस्लिम समुदाय के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है समस्तीपुर में लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज ने भी विपक्षी पार्टियों पर सीएए को लेकर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं बना है बल्कि यह नागरिकता देता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक त्रिलोचन महापात्रा ने कहा है कि आई सी ए आर ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए समेकित खेती के छप्पन मॉडल विकसित किये हैं उन्होंने बेंगलुरू में विज्ञान कांग्रेस को संबोधित करते हुये कहा कि नाबार्ड की सहायता से इन मॉडल को प्रोत्साहन दिया जायेगा उन्होंने कहा कि अब इन मॉडलों का खेतों में परीक्षण किया जा रहा है महानिदेशक ने कहा कि प्रगतिशील किसानों के नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए किसान नवाचार कोष और नवाचार केन्द्र स्थापित किये जायेंगे श्री महापात्रा ने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पैंतालीस प्रकार की जैविक खेती पद्धति विकसित की गई है देश की पहली संसद के सदस्य और बक्सर जिले के डुमरांव राज के अंतिम महाराज कमल बहादुर सिंह का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया चरित्रवन गंगा घाट पर उनके पुत्र चन्द्रविजय सिंह ने मुखाग्नि दी इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अजय प्रताप सिंह राज्य सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और स्थानीय विधायक संजय कुमार तिवारी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे पूरा प्रदेश ठंड की चपेट में है पछुआ हवा के कारण एक बार फिर ठिठुरन बढ़ गयी है राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज भी बादल छाये हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आठ और नौ जनवरी को प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है विभाग ने कहा है कि दस जनवरी से मौसम सामान्य होने लगेगा और अच्छी ध्रप खिलेगी वहीं अगले अड़तालीस घंटों के प्रर्वान्रमान में कहा गया है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से घना कोहरा छाया रहेगा कोहरे के कारण सड़क रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है खराब मौसम के कारण आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर अररिया से उड़ान नहीं भर सका जिससे मुख्यमंत्री का कटिहार दौरा स्थगित हो गया प्रदेश में आज छह दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया सबसे ठंडा स्थान रहा वहीं पटना का न्यूनतम तापमान आठ दशमलव आठ भागलपुर का दस दशमलव तीन और पूर्णियां का दस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया रोहतास जिले के करगहर बाल विकास परियोजना कार्यालय में पदस्थापित लिपिक छोटे लाल प्रसाद को भ्रष्टाचार और पद का दुरूपयोग करने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है जिलाधिकारी पंकज दीक्षित ने बताया कि बर्खास्त कर्मी का रिश्वत लेते एक वीडियो वायरल हुआ था जो जांच में सही पाया गया प्रतिष्ठित खेल पत्रिका स्क्रम क्वींस ने पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल क्षेत्र की नवादा गांव की निवासी स्वीटी कुमारी को रग्बी खेल के लिए वर्ष दो हजार उन्नीस का अन्तर्राष्ट्रीय युवा खिलाड़ी घोषित किया है स्वीटी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि इस मुकाम पर पहुंचने में उनके परिवार कोच और गुरू का बड़ा योगदान रहा है उन्होंने कहा कि इससे बिहार की महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा और वे तमाम बाधाओं के बीच आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगी सुश्री स्वीटी ने कहा कि रग्बी में बिहार की टीम का प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ है

बेगूसराय में अनौपचारिक शिक्षक स्वास्थ्य विभाग में अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें अनुदेशक के पद पर बहाल नहीं किया जा रहा है पश्चिम चम्पारण जिले में जिला परिषद के सदस्यों ने उपाध्यक्ष रेणु देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के समर्थन में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है